प्रदेष में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन

करौली जिले के श्री महावीर जी का मेला परवान पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया

तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है

जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याषी कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कल अपना पर्चा भरा

कर्नल राठौड के अलावा चुरू से भाजपा प्रत्याषी राहुल कस्वां तथा सीकर से भाजपा प्रत्याषी सुमेधानंद सरस्वती ने भी कल नामांकन भरे नामांकन के बाद सीकर में सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि भामाषाह स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण गौरव पथ जैसी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिला है उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिजली की स्थिति बदहाल है नागौर से कांग्रेस प्रत्याषी डॉ ज्योति मिर्धा दौसा से कांग्रेस प्रत्याषी सविता मीणा ने भी कल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किये कांग्रेस नेता अषोक गहलोत सचिन पायलट और अविनाष पांडे ने कांग्रेस प्रत्याषियों के समर्थन में नागौर पाली संसदीय क्षेत्र के बावडी और प्रष्कर में जनसभाओं को संबोधित किया बावडी में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि वे हमेषा गांव गरीब और पिछडों के लिए चिंतित रहे हैं केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उद्योग धंधे नहीं चल पा रहे हैं वहीं किसानों की स्थिति खराब है कांग्रेस के घोषणापत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट की घोषणा कर उनकी पार्टी ने एक नई पहल की है

इस संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिषा निर्देषों के आधार पर राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं

रिटर्निंग आफिसर द्वारा यह चयन प्रक्रिया लोकसभा प्रत्याशियों या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट और लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सम्पन्न की जाएगी गौरतलब है कि पूर्व में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का चयन कर उसकी ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट की पर्चियों से मतों का मिलान कर मतों का प्रमाणीकरण किया जाना था

इस बेमौसम बरसात से खेतों में तैयार फसलों और मंडियों में बिकवाली के लिए ले जा रही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है राजधानी जयपुर में बादलों के कारण अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए शहर के कई भागों में हल्की बारिश भी हुई धौलपुर में रातभर हल्की बारिश का दौर जारी रहा राजसमन्द डूंगरपुर सवाई माधोपुर झालावाड जालौर प्रतापगढ पाली और करौली में भी धूलभरी आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया नादौती क्षेत्र में कई जगह बिजली की लाइन ट्रटने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई और कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गये जिससे आवागमन बाधित हुआ उदयपुर जिले के झाडोल कस्बे के सैलाना गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं राजसमन्द के खमनौर क्षेत्र के परावल गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की झूलस कर मौत हो गई नागौर जिले के मूंडवा कृचेरा और अलाय में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ताउसर भवाल बेल गांव सहित कई स्थानों पर ओले गिरे जिले में सौंफ गेहूं और ईसबगोल की फसल को नुकसान पहुंचा है हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा दिनभर तेज अंधड के साथ वर्षा हुई

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने सहित सिफारिशों को लागू करने या नहीं करने का निर्णय लेने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह आशंका जाहिर की थी

करीब ढाई हजार पहले भगवान महावीर ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था जो आज भी प्रासंगिक है राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाए देते हुए कहा है कि भगवान महावीर का मनसा वाचा और कर्म से अहिंसा को आत्मसात करने का संदेश समाज में स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है करौली के श्रीमहावीर जी में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज प्रभात फेरी निकाली गई